उत्तरी राजस्थान के भागों में आज मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संमावना आने वाले दो दिनों में भी कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आज भी विभिन्न सत्रों में टीकाकरण का काम जारी रहा बूंदी जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां विभिन्न टीकाकरण केन्द्रों पर टीके की पहली और दूसरी खुराक लगाई गई जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महेन्द्र त्रिपाठी ने जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे आमजन को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित करें

केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना के विरूद्व जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है

इस पर विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी ने कहा कि निदेशक के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ओर वार्षिकोत्सव रोके जाने चाहिए उन्होंने कहा कि जब कोरोना वापस फैलना शुरू हो गया है तो ऐसे सामूहिक कार्यक्रमो से बचा जाना चाहिए और कम से कम इन्हें अनिवार्य नही बनाया जाए अध्यक्ष के निर्देश के बाद शिक्षा मंत्री ने सदन में उक्त आदेश को वापस लेने की बात कही शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज विधानसभा में स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों को ही अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है

जरूरत होने पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन विद्यालयों का वित्त पोषण किया जायेगा भाजपा विधायक रामस्वरूप लांबा के मूल प्रश्न के जवाब में श्री डोटासरा ने ये जानकारी दी

कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने आज विधानसभा में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि योजना के तहत राज्य की अंश राशि भी जमा करा दी गई है उन्होंने बताया कि औसत उपज दर्शाने में विसंगतियों के कारण बीमा कम्पनियों द्वारा भुगतान समय पर नहीं हो सका था केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीआईएसएफ के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल योजना बहत जल्द देश भर में शुरू की जाएगी

उन्होंने कहा कि बल के कर्मियों को स्वास्थ्य कार्ड दिया जायेगा जिससे वे हर साल अपनी और हर तीन साल में अपने परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच कर सकेंगे

जोधपुर में बल के नवारक्षी प्रशिक्षण केन्द्र पालड़ी खिचियान में कैंसर स्क्रीनिंग कैम्प का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर बल के कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं

इनमें सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट रैंक के आरजेएस अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है यह आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी किए गए हैं

जयपुर में आज से सरस राष्ट्रीय काफ्ट मेला शुरू हो गया है

मेले में रोजाना विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकम आयोजित किए जाएंगे साथ ही यहां आने वालों को परांपरागत व्यंजनों का जायका लेने का भी मौका मिलेगा